केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़कर ने नई दिल्ली में मंत्रिमण्डल द्वारा लिये गये फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने केन्द्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों के मंहगाई भत्ते में पांच फीसदी की वृद्धि करने का फैसला किया है

इस फैसले से केंद्र सरकार के लगभग पचास लाख कर्मचारियों और पैसठ लाख से अधिक पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे श्री जावड़ेकर ने इसे त्यौहारों के अवसर पर कर्मचारियों के लिए सरकार की ओर से तोहफा बताया मंत्रिमण्डल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को राशि जारी करने के लिए आधार से जुड़े डाटा की अनिवार्यता में छूट को मंजूरी दे दी है

सरकार के इस फैसले से किसानों को रबी फसल में मदद मिल सकेगी मंत्रिमंडल ने रेडियो और टेलीविजन के क्षेत्र में भारत तथा विदेशी प्रसारकों के बीच समझौता ज्ञापनों को मंजूरी दी है इन समझौतों से लोक प्रसारक को नई प्रौद्योगिकी हासिल करने और कड़ी प्रतियोगिताओं से निपटने में नए दृष्टिकोण तथा रणनीति बनाने में मदद मिलेगी झाबुआ विस उपचुनाव झाबुआ विधानसभा उपच्नाव में प्रचार के लिए आज मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया के पक्ष में रोड शो किया उन्होंने एक आमसभा को भी संबोधित किया सभा में मुख्यमंत्री ने राज्य की पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी सरकार पर विकास नहीं किए जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस विकास करने वाली पार्टी है जनता कांग्रेस को वोट देकर झाबुआ की तकदीर और किस्मत चमकाये

भाजपा प्रदेश इकाई की कल भोपाल में आयोजित होने वाली बैठक में भी झाबुआ उपचुनाव स्थानीय निकायों के चुनावों पर पार्टी की रणनीति तैयार की जायेगी

उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया का मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भानू भूरिया से है मानसिक स्वास्थ्य दिवस विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर कल भोपाल स्थित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के राज्य कार्यालय में सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है सेमिनार में जाने माने मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आर एन साह अपने विचार रखेंगे इस वर्ष की विषय वस्त आत्महत्या की रोकथाम हेत् मिल जुलकर कार्य करें सेमिनार की अध्यक्षता मिशन डायरेक्टर सुश्री छवि भारद्वाज करेंगी विश्व स्वास्थ्य संगठन इस दिवस पर मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी जागरुकता के लिए एक थीम अथवा विषय वस्तु का निर्धारण करता है इस अवसर पर कल अनूपपुर और शिवपुरी जिलो में निःशुल्क चिकित्सा शिविर और रैली का आयोजन किया जायेगा

जिसमें हम गांधीजी के प्रदेश प्रवास के संस्मरण और कई जानी अनजानी बातें साझा करेंगे

गौरतलब है कि आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा विभागीय कार्य प्रणाली और समस्त योजनाओं का कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है प्रत्येक योजना को ऑनलाइन करने के लिये जल्द ही अलग अलग मॉड्यूल लांच किये जायेंगे

महिला सुरक्षा प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा एवं पीड़ित महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाने के लिए पुलिस महानिदेशक विजय कुमार सिंह ने सभी क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षकों को एक परिपत्र जारी किया है इस परिपत्र में महिलाओं के खिलाफ घटित होने वाले अपराधों की विवेचना समय सीमा में पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं डीजीपी ने विवेचना में अनावश्यक देरी करने एवं लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जाँच करने एवं उन्हें दंडित करने के निर्देश भी परिपत्र में दिये हैं

इस संबंध मे आज इंदौर में आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव एस आर मोहती ने बताया कि इस दो दिवसीय सम्मेलन में सरकार दवा निर्माण कृषि कृषि प्रसंस्करण प्रोद्योगिकी वेयरहाउस सौर और फ़ास्ट मूविंग कज़्यूमर गुड्स के क्षेत्र की इकाइयों की स्थापना और विस्तारण पर विशेष ध्यान देगी समीक्षा बैठक में सभी संबंधित विभागों के आला अधिकारी शामिल हुए ब्रिलिएण्ट कंवेन्शन सेण्टर में होने वाले इस आयोजन के लिए सभी अधिकारियों से कहा गया है कि वे तैयारियों में कोई कसर न छोड़े बाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में पेट्रोल और डीजल पर वेट में क्छ समय पहले की गई वृद्धि अस्थाई है

सिटी वॉक फेस्टिवल भोपाल इंदौर उज्जैन ग्वालियर पन्ना विदिशा खजुराहो चंदेरी जबलपुर बुरहानपुर और ओरछा में आयोजित किये जायेंगे इसमें पर्यटकों को पर्यटन स्थलों की समृद्ध विरासत प्राकृतिक सुंदरता समृद्वशाली इतिहास परम्पराओं और ऐतिहासिक धरोहरों से परिचित कराया जायेगा फेस्टिवल में शामिल होने के लिये पर्यटक मध्यप्रदेश ट्ररिज्म बोर्ड की वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीयन करा सकते हैं डाक दिवस आज विश्व डाक दिवस मनाया गया

विश्व डाक दिवस का उद्देश्य लोगों के रोजमर्रा के जीवन में डाक की भूमिका के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक विकास में इसके योगदान के प्रति जागरूकता लाना है

इस वर्ष की थीम सभी के लिए स्वच्छ हाथ है इसके तहत बच्चों को प्रतिदिन भोजन से पहले साबुन से हाथ धोने की सीख दी जायेगी इस संबंध में सभी स्कूलों में हाथ धूलाई के लिए उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिये गये हैं इस कार्यक्रम से स्वच्छता अभियान में विद्यार्थियों की भागीदारी बढ़ेगी